श्री मोदी असम के धैमाजी जिले में सिलापाथार में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री इंडियन आयल की बोंगईगांव रिफाइनरी की इंडमैक्स इकाई डिब्रगढ़ के मध्बन में आयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म तथा तिनस्किया में हेबेडा के मक्म में गैस कम्प्रेसर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे वे धेमाजी में एक इंजीनियरिंग कालेज का उद्घाटन करेंगे और सुआलकुची इंजीनियरिंग कालेज की आधारशिला रखेंगे इन परियोजनाओं से असम में ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के पूर्वोदय विजन के अनुरूप हैं इनका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है पश्चिम बंगाल की यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री हगली में कई रेल परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे

द्वितीय विश्व य्द्व के दौरान तवांग जिले के लोगों की सेवा के लिए मेजर रालेंगनाव बॉब खाथिंग को मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च सम्मान अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया गया इसके तहत पांच लाख रुपये नगद और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया जिसे उनके बड़े बेटे रिटायर्ड आई आर एस श्री जॉन खाथिंग ने स्वीकार किया इसके अलावा प्रशासनिक सेवा साजामिक कार्य कला और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य के तेईस व्यक्तियों को गोल्ड मेडल और उनतीस लोगों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया राज्य प्रस्कार समारोह में प्रदेश की प्रथम महिला नीलम मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू उपमुख्यमंत्री चाउना मेन राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की वर्च्अल बैठक में हिस्सा लेते हुए श्री खाण्डू ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के इतिहास और कला को शामिल किया जाना चाहिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों में त्वरित विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए म्ख्यमंत्री ने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया नीति आयोग की बैठक में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर श्री खाण्ड्र ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र पर प्राथमिकता देते हए राज्य को मेन्यूपेक्चरिंग हब बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है म्ख्यमंत्री ने राज्यभर में लागू की जा रही क्लस्टर फार्मिंग और नेशनल न्यूट्रिशनल किचन गार्डन योजना की चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का अन्रोध किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों सहित आवश्यक ब्नियादी स्विधाओं का त्वरित गति से विकास हो रहा है उन्होंने केंद्र से अरुणाचल प्रदेश में पी एम जी एस वाई की शर्तो में ढील देने का आग्रह किया म्ख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के एक सौ सैतालीस गांवों को अभी भी सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है और पी एम जी एस वाई की शर्तो में ढील मिलने से इन्हें अगले क्छ वर्षो में सड़क से जोड़ा जा सकेगा म्ख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के तहत राज्य के एक हजार छह सौ तीरासी गांवों को फोर जी नेटवर्क से जोड़ने के केंद्र की योजना की सराहना करते हए इस परियोजना को समय पर प्रा करने का आग्रह किया

अपने संबोधन में जिला उपाय्क्त ने कहा कि प्रशासन दूर दराज के इलाकों में विकास योजनाओं का लाभ पहंचाने के लिए कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि स्द्र गांव देसाली में जनप्रतिनिधियों और आलाधिकारियों के दौरे से स्थानीय लोगों की जरुरतों को समझने और विकास योजनाओं के अमल को करीब से देखने का अवसर मिलेगा कल विधायक मुचु मिथि ने अधिकारियों के साथ ह्नली देसाली क्षेत्र में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोपो ब्रिज हनली में नए सेकेंड्री स्कूल भवन का उद्घाटन किया और ज्म् पानी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया

वर्ष उन्नीस सौ निन्यानबे में आज के ही दिन संय्क्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था

भारत में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष दो हजार पंद्रह से आज के दिन को मात्रभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है